राज्य सरकार ने छह सौ से अधिक विभिन्न उद्योगों को बारह सौ करोड़ रूपये से अधिक मिले अनुदान की जांच का आदेश दिया है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार ग्यारह से लेकर अब तक छह सौ उद्योगों के लिये लगभग बारह सौ करोड़ रूपये का अनुदान मिला है सरकार ऐसे उद्यमियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है जिन्होंने अनुदान लेकर औद्योगिक इकाईयां नहीं लगायीं या लगाने के बाद उनको चालू नहीं रखा राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि राज्य की युवाशक्ति ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना सकती है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि आज प्रा विश्व भारतीय नेतृत्व को आशा भरी नजरों से देख रहा है इंग्लैण्ड को पिछे छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था ने विश्व में चौथा स्थान बना लिया है मंगल जैसे ग्रह को भी भारत ने स्वदेशी यान से अपने परिधि में समेट लिया है उन्होंने कहा कि यह सब संभव करने का सामर्थ्य हमारे युवाओं में ही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही पटना हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम की अनुशंसा कर दी है न्यायमूर्ति शाही पटना हाई कोर्ट के बयालीसवें मुख्य न्यायाधीश होंगे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है मुजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाक्र को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटियाला जेल भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ब्रजेश ठाकुर को राज्य के बाहर की जेल में स्थानांतरित किया गया है इस बीच ब्रजेश ठाकुर की आय और उसकी संपत्तियों की जांच तेज कर दी गयी है आयकर विभाग ने ब्रजेश के रिश्तेदारों और करीबी लोगों को नोटिस भेज कर उनकी आय और रिटर्न दायर करने की जानकारी मांगी है पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता और आदेशों की अनदेखी करने वाले आठ मुखियाओं को पंचायती राज कानून के तहत जल्द ही बर्खास्त किया जायेगा इन पर मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना में अनियमितता बरतने का आरोप है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि अधिग्रहण में अब शहर से दूरी के आधार पर मुआवजा मिलेगा राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण के प्रावधानों में परिवर्तन करते हुये नगर निगम से नगर पंचायत तक नयी व्यवस्था लागू की है इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण किये जाने पर मालिक को नयी दर से मुआवजा मिलेगा नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी पंद्रह नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर बिहार आयेंगे राष्ट्रपति सचिवालय से राज्य सरकार को मिले कार्यक्रम के अनुसार श्री कोविंद समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना सह दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे इसके बाद एनआईटी पटना के कार्यक्रम में शामिल होंगे सूखा पीड़ित किसानों की हुयी फसल क्षति की भरपाई के लिये राज्य सरकार की फसल सहायता योजना के तहत नौ लाख से अधिक किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया है जबकि धान अधिप्राप्ति के लिये दस हजार किसानों ने अर्जी दी है इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि कल समाप्त हो गयी राज्य में दारोगा बहाली का रिजल्ट अब नये सिरे से घोषित होगा पटना उच्च न्यायालय ने मुख्य परीक्षा के परिणाम को कानूनन गलत और अपारदर्शी बताते हुये नये सिरे से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिये जिला और प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान खोलेगा पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये बताया कि गांव की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिये यह फैसला किया गया है इन संस्थानों में पंचायतों के वार्ड पार्षद से लेकर मुखिया सरपंच पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जायेगा पंचायती राज विभाग में लगभग सात हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी विभाग ने अठारह सौ चौरासी अभियंताओं की नियमित बहाली के लिये अभियंता संवर्ग बनाने का काम शुरू कर दिया है कैबिनेट से मंजूरी के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी इसके अलावा पांच हजार से अधिक पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये भी अधियाचना भेज दी गयी है रेलवे ने त्योहारों पर यात्रियों को बड़ी राहत देते हुये पंद्रह प्रीमियम ट्रेनों से फ्लैक्सी किराया समाप्त कर दिया है तेल कंपनियों ने सब्सिडी वाले सिलिंडर के दाम में दो रूपये चौरानवे पैसे और गैर सब्सिडी वाले सिलिंडर के दाम में साठ रूपये की वृद्धि की है औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के जसोईया मोड़ के समीप सेंट्रल स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही सिटी राईड बस दुर्घटनाग्रस्त हो गयी दुर्घटना में दस बच्चे घायल हो गये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में बिहार टीम आज अपना पहला मुकाबला उत्तराखण्ड के खिलाफ खेलेगी देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जायेगा बिहार टीम अठारह वर्षों के बाद बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में भाग ले रही है पटना में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत खेली गयी हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार और त्रिपुरा की संयुक्त महिला टीम ने खिताब जीत लिया दिसंबर में देहरादून में आयोजित होने वाली इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपयिनशिप के लिये सत्रह सदस्यीय दल का चयन किया गया है यदि रजिस्ट्रेशन के बाद भी आवेदनकर्ता को आधार कार्ड नहीं मिलता है या गुम हो जाता है तो भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकार यूआईडीएआई से सीधे आधार कार्ड बनावाया जा सकता है इसके लिये यूआईडीएआई पर जाकर आधार नम्बर डालना होगा यूआईडीएआई ने लोगों की सुविधा के लिये यह व्यवस्था लागू की है इसके लिये बयालीस रूपये का भुगतान करना होगा टॉल फ्री नम्बर एक नौ चार सात पर कॉल करके भी आधार संबंधित जानकारी ली जा सकती है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है मंजू वर्मा के खिलाफ गैरजमानती वारंट अखबार की एक अन्य सुर्खी है दारोगा बहाली का रिजल्ट नये सिरे से घोषित होगा दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया दारोगा भर्ती मुख्य परीक्षा का परिणाम अखबार ने सरदार पटेल की प्रतिमा के अनावरण की खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये दैनिक भास्कर लिखता है साकार हुये सबसे बड़े सरदार अखबार ने एक अन्य खबर में लिखा है बिहार में भी रात आठ बजे से दस बजे के बीच ही फोड़ सकेंगे पटाखे प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये सुर्खी दी है हमने जो ठान लिया करके दिखाया राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को सुर्खी बनाते हुये लिखा है हमारा लक्ष्य सशक्त संवेदनशील भारत बनाना